प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम सम्बोधन में बताया कि इस मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक पूरा किया गया जिसमें एक लाइव उपग्रह को अंतरिक्ष में ही मार गिराया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परीक्षण कर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि यह देश के विकास के लिए रक्षात्मक पहल है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के खिलाफ रहा है उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति एक अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसके लिए अत्यंत कठिन और बहत उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की जरूरत थी इस मिशन ने सभी निर्धारित लक्ष्यों और उद्देर्श्यो को पूरा किया उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं और अन्य संबंधित कर्मचारियों को बधाई देते हए कहा कि उन्होंने असाधारण सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मिशन शक्ति की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया की एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने डीआरडीओ को बधाई दी है और कहा है कि वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हें बहत गर्व है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को मिशन शक्ति की सफलता और भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनने पर बधाई दी है

इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में अवैध संसाधनों का इस्तेमाल रोकने के प्रयोजन से छह राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं

नई दिल्ली में आज शाम पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है जिसमें राजस्थान के प्रत्याषियों के नाम तय होने की संभावना है इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वेणुगोपाल प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट शामिल होंगे इसके बाद इस फाइनल लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा समिति की मंजूरी के बाद देर रात प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ सकती है

नागौर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत सुरपालिया और मुदियाऊं गांव में ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया

वहीं जिले के मकराना में भी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान अवश्य करने का संकल्प दिलाया

जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर चुनाव सम्पन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भुमिका निभाने को कहा सिरोही जिले के माउंटआबू में लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान गूजरात के सीमांत जिलों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हई

बांसवाडा जिले के घाटोल में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने अधिकारियों से जानकारी ली उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के बॉर्डर जिला होने के कारण विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है

श्री मिश्रा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के समय इस फिल्म को रिलीज करना भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मनरेगा की नई दरें तय की है जो इस साल एक अप्रैल से लागू होगी मनरेगा के तहत मजदूरी बढाते समय इस साल पूर्वोत्तर के राज्यों से ज्यादा ध्यान रखा गया है

बंदी समाप्त होने के बाद नहरों में चलने वाले सिंचाई पानी का निर्धारण हो गया है चंडीगढ में हुई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया

राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों उनकी सुरक्षा तथा उचित सहायता के लिए विचार किया जा रहा है इस विषय पर आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ताओं संगठनों सरकारी विभागों निगमों निकायों उपक्रमों सहित आमजन से अपने मत प्रतिक्रिया और विचार आमंत्रित किए हैं

उन्होंने बताया कि इस विषय पर अपने मत और विचार आयोग को ई मेल तथा फैक्स के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं

सिरोही में सुबह शीतला माता मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा देर शाम में माताजी के मंदिर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा

आज शाम जिले में कई स्थानों पर पारम्परिक गैर नृत्य किया जाएगा

जैसलमेर में शीतला अष्टमी का पर्व परम्परागत रूप से मनाया गया सोनार किले और देदानसर तालाब पर स्थित शीतला माता मंदिर में महिलाओ ने बासी खाने का भोग लगाया तथा शीतलामाता का पूजन किया